विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य आज सदन की कार्यवाही श्रू होते ही नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और प्रदेश में कानून व्यक्स्था की स्थिति के मुददों पर नारे लगाते हए वेल में आ गये विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी दल के सदस्यों को अपने अपने स्थान पर लौटने को कहा जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया हंगामे और शोरशराबे के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए दूसरा अनुप्रक बजट पारित कराया प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में चार हजार दो सौ दस करोड़ रूपये से अधिक का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था और इसे चार दिन चलना था लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सत्र ढाई दिन से भी कम समय तक चल सका उधर विधान परिषद की कार्यवाही भी आज विपक्ष के हंगामे के चलते चालू वित्त वर्ष के दूसरे अनुप्रक बजट के पारित होने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत से ऐसे तत्व जो भारत में शांति नहीं चाहते वे नेपाल और भूटान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं आज नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के छप्पनवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन कुछ तत्व भारत में घुसपैठ के लिए इन देशों की सीमाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं गृहमंत्री ने सीमापार से घुसपैठ रोकने में अर्द्यसैन्य बलों की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सशस्त्र बलों का योगदान अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को देश सलाम करता है श्री शाह ने कहा कि सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है जिससे उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम सौ दिन का अवकाश मिल सके

महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य मे आयोजित स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि गांधी और आम्बेडकर दोनों ने हिंसा का हमेशा विरोध किया और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए पर वो अहिंसावादी आंदोलन उन्होंने स्वयं ने अन्याय सहन किया परंतु द्रसरे पर अन्याय करने की कोशिश नहीं करने दिया इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी देश की जनता की भलाई के लिए सारा जीवन खपा दिया केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास पर ध्यान दिये बिना पूरा नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों के जीवन स्तर में मौजूद अन्तर को दूर करना समय की मांग है वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने प्रत्येक गांव में आधुनिक तकनीक से लैस समी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि क्रूषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दे रहा है काकोरी की ऐतिहासिक घटना के इन तीनों वीर नायकों को आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ सत्ताईस में अंग्रेजी शासन से फांसी दे दी थी पंडित रामप्रसाद विस्मिल को गोरखपुर जिला कारागार अशफाक उल्ला खां को अयोध्या जिला कारागार और रोशन सिंह को प्रयागराज के कारागार में फांसी दी गयी थी आज इन तीनों शहरों के साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया लोगों ने उनकी वीर गाथा को याद कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अश्रफाक उल्ला खां और रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री योगी ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि स्वाधीनता आन्दोलन में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के योगदान को सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाएगा इन वीर सपूतों ने स्वाधीनता आन्दोलन में एक नई चेतना और उत्साह का संचार किया था